श्री मोदी सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज के निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं इस यात्रा से दोनों देशों की महत्वपूर्ण भागीदारी और मजबूत होने की उम्मीद है हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान नागरिक उडुयन सुरक्षा से जुड़े मुद्दों रक्षा और अक्षय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में कम से कम बारह समझौतों पर हस्ताक्षर होने की आशा है प्रधानमंत्री श्री मोदी की इस यात्रा के दौरान इंडियन ऑयल मिडिलिस्ट और सऊदी अरब की अल जेरी कंपनी के बीच सऊदी अरब में खुदरा विक्री केन्द्र बनाने संबंधी संयुक्त उद्यम पर भी समज्ञौता होने की उम्मीद है प्रधानमंत्री मोदी के आग्रह पर सऊदी अरब के शाह हज यात्रियों का कोटा बढ़ाकर दो लाख करने पर राजी हो गए हैं प्रधानमंत्री कल सऊदी अरब के प्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम के तीसरे सत्र को सम्बोधित करेंगे वे सऊदी शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे और युवराज मोहम्मद बिन सलमान के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ताओं में हिस्सा लेंगे

प्रधानमंत्री की यात्रा के बारे में जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय में आर्थिक सम्बधों के सचिव टीएस तिरुमूर्ति ने बताया कि दोनों देश महाराष्ट्र के रायगढ़ में महत्वाकांक्षी परिचमी तट रिफायनरी परियोजना को अंतिम रूप देने और उसे आगे बढ़ाने के बारे में भी बातचीत करेंगे सर्रदी नेताओं को कश्मीर पर भारत के निर्णय की जानकारी देने के बारे में सवाल के जवाब में श्री तिरुमूर्ति ने कहा कि सऊदी अरब ने घाटी में हाल की घटनाओं के बारे में बेहतर समझबूझ का परिचय दिया है अयोध्या भूमि विवाद पर उच्चतम न्यायालय का फैसला आने से पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने न्यायपालिका में सम्मान और भरोसा तथा आपसी तालमेल बनाए रखने पर बल दिया है इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के तीस सितम्बर दो हजार दस के फैसले का उल्लेख करते हुए कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा एक तरफ दो हफ्ते तक गरमाहट के लिए सब कृष्ठ हुआ था लेकिन जब राम जन्म भूमि पर फैसला आया तब सरकार ने राजनीतिक दलों ने सामाजिक संगठनों ने समी संप्रदायों के प्रतिनिधियों ने साध् संतों ने बहुत ही संतुलित और संयमित बयान दिये एक आनंददायक आश्वर्यजनक बदलाव देश ने महसूस किया प्रधानमंत्री ने कहा कि संयम हमेशा शक्ति प्रदान करता है तथा एकता और तालमेल से हमारे देश की शक्ति और क्षमता इसका प्रमाण है दीपावली पंचमहापवों की श्रृंखला का चौथा पर्व अन्नकूट आज प्रदेश भर में हर्षोल्लास के वातावरण में श्रद्वापूर्वक मनाया जा रहा है वनवास के दौरान चौदह वर्ष विषम परिस्थितियों में रहे भगवान श्री राम के अयोध्या वापस आने की खुशी में दीपावली के दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को छप्पन प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाकर उन्हें तृप्त करने की परम्परा है अयोध्या सहित अन्य कई स्थानों पर मंदिरो में आज अन्नकूट महोत्सव मनाया जा रहा है एक रिपोर्ट हमार अयोध्या प्रतिनिधि चौदह वर्ष वनवास के दौरान विषम परिस्थियों में रहे भगवान राम को आज छप्पन प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाकर उन्हें तृप्त करने के लिए सुबह से ही सनी मंदिरों में छप्पन प्रकार के व्यंजन बनाये

छप्पन प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाने के बाद भक्तों के बीच प्रसाद वितरित किया गया उधर मथुरा में भारी संख्या में श्रद्वाल्ओं ने आज गिरि गोर्व्धन की परिक्रमा और पूजा की भक्तों ने दूध से गिरिराज का अभिषेक किया हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि मथुरा वृदावंन क्षेत्र में दुनियाभर से भारी संख्या में भगवान कृष्ण के भक्त एकत्र हुए हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने की तैयारियां जोरों पर है इकत्तीस अक्तूबर को पटेल जयंती के उपलक्ष्य में देश के सात सौ से अधिक जिलों के लाखों लोग एकता दिवस कार्यक्रमों में भाग लेंगे उत्तराखंड में गोवर्धन पूजा के अवसर पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच गंगोत्री धाम के कपाट आज से अगले छह महीनों के लिए बंद कर दिए गए हैं